पटाखे उच्चतम न्यायालय ने आज पूरे देश में कम प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दी शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रद्रषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अवमानना की कार्रवाई की जायेगी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 न्यायालय ने केन्द्र से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान समूह में पटाखे छोड़ने को बढ़ावा देने को भी कहा उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देशभर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर दिया उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जैसी चयन व्यवस्था कराने संबंधी याचिका पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कॉल की पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के मुद्दे पर वृहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी चाहिए पीठ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए बूथ स्तर पर टोली गठित की जा रही है

उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर संभाग मंडल और बूथ स्तर तक की बैठके आयोजित की जा रही हैं इस अभियान के दौरान पार्टी जनता से समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए आशीर्वाद भी मांगेगी भाजपा के कमल दीपावली अभियान पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिवट किया है कि जिन्होंने प्रदेश के लोगों के जीवन में अपनी नितियों कार्यों और सोच से अंधेरा कर दिया है साथ ही महंगाई की मार से दीपावली मनाने लायक नहीं छोड़ा है वे अब किस मुंह से कमल दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस ने भाजपा को संत विरोधी ँ बताते हुए कहा है कि शिवराज सरकार ने संतों की बात सुनने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया वाल्मीकी जयंती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाल्मीकी जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने अपने श्भकामना संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकी रामायण के रचियता और आदिकवि थे उनके द्वारा रचित रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो मर्यादा सत्य प्रेम भ्रातत्व मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की सीख देता है स्वीप अभियान आगामी विधानसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करे इसके लिए पूरे प्रदेश में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी कड़ी में आगरमालवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ और पंचायत सचिवों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जिले के शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली जा रही रैलियों में हाथो में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं

श्री नरवाल आज पत्र सूचना कार्यालय भोपाल में पीआईबी और पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित युवा मतदाता पर केन्द्रित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे कार्यकम के दौरान श्री नरवाल ने न केवल यूवाओं को मतदान प्रकिया की जानकारी दी बल्कि उनकी तमाम शंकाओं का समाधान भी किया कार्यक्रम में पीआईबी के उप निदेशक अखिल नामदेव और पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया भोपाल के प्रमुख पुष्पेन्द्रपाल सिंह ने भी अपने विचार रखे इस अवसर पर एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्राइमरी माध्यमिक और हायर सेकन्ड्री स्कूल के शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं से कहा कि स्कूली छात्र छात्राओं को गांवों का दौरा करायें क्योंकि वास्तव में हमारा देश गॉवों में ही बसता है श्रीमती पटेल ने राजभवन में एक निजी स्कूल के छात्र छात्राओं से भेंट की उन्होंने कहा कि गांव का दौरा करने से छात्र छात्राओं के मन में नये विचार और नई सोच विकसित हो सकेगी डेंग् प्रदेश में डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भिण्ड मुरैना ग्वालियर के बाद शिवपुरी में भी एक छात्रा की डेंगू से मौत हो गई है

जिसे लेकर आज शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और वकीलों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और डेंगू की रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की मांग की रैली बैन राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में कोई भी सभा या रैली बिना अनुमति के नहीं की जायेगी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सूदाम खाडे के अनुसार जिले में विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक रैली या सभाओं की अनुमति जारी कैरने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रम के अनुरूप अनुमति जारी करेंगे

उर्दू अकादमी राजधानी भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में संस्कृति विभाग की उर्दू अकादमी द्वारा कल अफसाने का अफसाना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा